उन्होंने राज्य के ताकसिंग बिदाक लिमेकिंग हापोली सारली हुरी सहित दूरदराज के क्षेत्रों में निर्माणाधीन सड़कों का निरीक्षण कर बी आर ओ के वरिष्ठ अधिकारियों से सभी मौसम के अनुकूल गुणवत्ता के साथ सड़कों और पुलों का निर्माण करने का निर्देश दिया पी आर ओ डिफेंस ने बताया कि नामपी बाओ मरिनमै ने बताया कि श्री सिंह ने आज ईटानगर में राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मैन के साथ अलग अलग बैठक कर सीमा सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को शिक्षा सचिव के साथ राज्य में सात केंद्रीय विद्यालयों को खोलने के प्रस्ताव का अंतिम रुप देने और चल रही आवश्यक कार्रवाई के बारे में जानकारी दी उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ अरुणाचली सैन्य बल अधिकारियों के समूहो द्वारा पे बैक टू सोसायटी कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना नौ सेना और वायु सेना में राज्य के अधिकारियों के आगामी पच्चीस नवंबर से दो दिसंबर तक प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में युवाओं के साथ प्रोत्साहन वार्ता के बारे में जानकारी दी राज्यपाल ने कहा कि इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को सैन्य बलों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जानकारी और उन्हें भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना है राज्य सरकार के दो मंत्रियों बामांग फेलिक्स और डॉ मोहेश चाई ने कल ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के संबंध में पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल कर रहे छात्रों से मिलकर उनकी शिकायतें सुनी उन्होंने न्यायालय में विचाराधीन इस मामले में छात्रों से विरोध प्रदर्शन वापस लेने की अपील की उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य लोक सेवा आयोग स्वतंत्र रुप से कार्य करने वाली एक संवैधानिक स्वायत्त आयोग है और राज्य सरकार को इस मामले में दखल देने का अधिकार नही है श्री फेलिक्स और मोहेश चाई ने प्रदर्शनरत उम्मीदवारों से सभी के हित में भूख हड़ताल वापस लेने और इसे उचित फोरम में ले ज्ञाने का आगद किया केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन विभाग कल से अगरतला की राजधानी त्रिपुरा में तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला शुरु हो रहा है प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय मेले का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन की क्षमताओं को प्रदर्शित करना और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यहां के उत्पादों को पहचान दिलाना है यह महोत्सव बारी बारी पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों में आयोजित होता है और इसले पहले गुवाहाटी तवांग शिलांग गंगटोक और इंफॉल में आयोजित हो चुका है हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईदे मिलादुन्नबी आज धार्मिक आस्था से मनाया जा रहा है पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं को उजागार करने के लिए देश भर में मिलाद महफिलों और सीरत मजलिसों का आयोजन किया जा रहा है इस मौके पर मिलाद जुलूस भी निकाले जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन मिलाद उन नबी के मौके पर लोगों को बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के पचासवें संस्करण में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते रहे हैं

द्रनियाभर में इस व्यवसाय से जुड़े लोग इस अवसर पर रैलियां कार्यशालाएं सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियों का आयोजन कर मानव जीवन के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालते हैं एक टवीट संदेश में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने मत्स्य उत्पादन बढ़ाने रोजगार के अवसर पैदा करने और इसके पोषक तत्वों को बनाये रखने के लिए इस पेशे से जुड़े लोगों के प्रयासो की सराहना की है उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन के लिए बनाये गये सात हजार पांच सौ बाईस करोड़ रुपये के मत्स्य पालन बुनियादी ढांचा विकास निधि से उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेगे अरुणाचल प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट आज से राजधानी क्षेत्र ईटानगर के अरुणाचल प्रदेश पुलिस बटालियन चिंपू के ग्राऊंड में शुरु हुई दूसरी बार आयोजित हो रहे इस प्रतियोगिता का उद्घाटन भारत संचार निगम लिमिटेट अरुणाचल प्रदेश के महा प्रबंधक दिलिप सिरम ने किया उद्घाटन मैच में प्रसार भारती की टीम ने इंडिया पोस्ट को पांच रनों से हराकर जीत दर्ज की प्रसार भारती की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित बीस ओवर में अटठानवें रन बनाए जिसके जवाब में इंडिया पोस्ट की टीम सत्रह दशमलव दो ओवर में तिरानवें रन बनाकर आऊट हो गए